आज मुख्यमंत्री आवास में पत्रकारों से बात करते हुए केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड में ऑलवेदर रोड का निर्माण कराया जा रहा है इसी की समीक्षा के लिए वह तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आये थे उन्होंने कई मार्गों का हवाई और सड़क से दौरा किया है इसका निर्माण शीघ्र पूरा किया जा सके इसके लिए केन्द्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य पर संतोष भी जाहिर किया

सम्मान निधि मिलने से किसान अपनी जरूरत के मुताबिक खाद बीज और उपकरण आदि खरीद पा रहे हैं पिछले साल फरवरी में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ चम्पावत जिले के किसानों को भी मिल रहा है कभी खाद और बीज के लिए कर्ज लेने वाले किसान आज खुद इस योजना के तहत बिना किसी परेशानी के कृषि के लिए जरूरी सामान खरीद रहे हैं जिले के गहतोड़ा ग्राम पंचायत के किसान दिनेश गहतोड़ी कहते हैं कि पहले खाद और बीज के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि मिलनी शुरू हुई तब से कोई समस्या नहीं हो रही है

उन्होंने कहा इस योजना की वजह से खाद और बीज खरीदना आसान हो गया है

उन्होंने बताया कि छूटे हुए किसानों को योजना से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं

इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सच करने के लिए छात्र छात्राओं की अहम भूमिका है नोडल अधिकारी बीएस नेगी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों की रीति रिवाजों वेशभूषा संस्कृतियों का आदान प्रदान और देश की अखंडता बनाए रखने पर बल देना है रैली के बाद छात्र छात्राओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की शपथ भी ली धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने आवास शहरी विकास और परिवहन निगम के अधिकारियों को अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में तत्काल बस अड्डे और वर्कशॉप का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में देहरादून में हुई बैठक में डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कराकर मामले का निस्तारण करें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल में प्रस्तावित बस अड्डा चारधाम यात्रा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है जिसके निर्माण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए परिवहन एवं शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि जिन जिन स्थानों पर परिवहन निगम के पास अपनी भूमि उपलब्ध है वहां पर बस अड्डे के साथ बहुमंजिला पार्किंग की योजना है जिस के लिए धनराशि आवास विभाग एवं शहरी विकास विभाग मिलकर उपलब्ध करायेंगे

इस योजना के तहत गांव को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी है पेयजल की व्यवस्था उत्तराखंड जल संस्थान कर रहा जबकि धनौल्टी में दो पार्किंग की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा वन विभाग द्वारा गांव को जोड़ने के लिए ट्रेक रूट का निर्माण भी किया जा रहा है वन विभाग धनौल्टी के आसपास व्यू प्वाइंट का निर्माण भी कर रहा है इसी के तहत होमस्टे पर भी कार्य किया जा रहा है परियोजना प्रबंधक डी आर डी ए टिहरी द्वारा इस योजना की निगरानी की जा रही है पर्यटन नगरी धनौल्टी को इस मिशन से जोड़ जाने पर यहां के प्रधान नीरज बेलवाल बेहद खुश हैं

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने हिलांस सरस मेले की तैयारियों के संबंध में बैठक की उन्होंने बताया कि मेले में काश्तकारों उद्यमियों और महिला समूहों द्वारा तैयार किये गए उत्पाद मेले में उपलब्ध होंगे यह मेला स्थानीय उत्पादों को भी बाजार उपलब्ध करायेगा हिलांस सरस मेले में विभिन्न प्रांतों की लोकसंस्कृति भी प्रदर्शित की जाएगी इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने मेले की विविधताओं की झलक को प्रदर्शित करता वीडियो टीजर भी लॉन्च किया

महोत्सव को आकर्षक और भव्य रूप देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया है

साथ ही जिले में उत्पादित वस्तुओं पर्यटक स्थलों की जानकारियां और सम्भावनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे